इस चरण में प्रदेश की जिन तेरह लोकसभा सीटों के लिये मतदान किया गया उनमें शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर शामिल हैं इस चरण में कुल एक सौ बावन उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में बन्द हो गया सुबह मतदान करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही दोपहर में भीषण गर्मी के कारण मतदान की गति हल्की धीमी रही लेकिन शाम होने के बाद मतदान सम्पन्न होने तक लोग बुथों तक पहंचते रहे पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदान को लेकर खास उत्साह देखा गया छिटपूट घटनाओं को छोड़कर किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नही मिली है कुछ स्थानों पर ईवीएम मशीनों में खराबी की सूचना मिली जिसे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अतिशीघ्र ठीक करा दिया गया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम मशीनों में खराबी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज करायी चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिये विशेष व्यवस्था की थी चौथे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राम सिंह कठेरिया प्रदेश सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी साक्षी महराज पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और श्री प्रकाश जायसवाल शामिल है आज ही लखीमपुर खीरी जिले के निघासन विधानसभा सीट के लिये उप चुनाव भी सम्पन्न कराया गया इस चरण के तेरह संसदीय क्षेत्रों में सत्रह हजार ग्यारह मतदान केन्द्र और सत्ताईस हजार पांच सौ सोलह मतदेय स्थल बनाये गये थे सभी मतदान केन्द्रों और मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये थे लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की संसदीय सीटों के लिये भी चुनाव प्रचार चरम पर है आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में च्नावी सभायें कर वोट मांगे कॉग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने चित्रकृट में अपने प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कॉग्रेस की सरकार बनते ही बांदा और चित्रकूट में तरक्की के दरवाजे खोल दिये जायेंगे पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इस चरण के लिये मतदान छः मई को होगा लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है इस चरण की प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कृण्डा में जनसभा की उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जौनपुर के मड़ियाहूं में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि चार साल में प्रधानमंत्री मोदी ने चौबीस लाख गरीबों का इलाज कराया है उन्हें गरीबों की दुआ जरूर मिलेगी इस चरण की चौदह सीटों के लिये एक सौ चौहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं छठें चरण का मतदान आगामी बारह मई को सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में योट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गयी दो मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे

सातवें चरण में प्रदेश की जिन तेरेह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज भारतीय जनता पार्टी ने आज निर्वाचन आयोग से मिलकर चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गलत बयान देने पर कार्रवाई करने की मांग की है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अपनी टिपणी के लिए न्यायालय की अवमानना के मामले में जारी नोटिस का आज जवाब दाखिल किया भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने यह मामला दायर किया था शीर्ष न्यायालय ने इस महीने की तेईस तारीख को राहल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था प्रदेश के सभी जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है तेज ध्रप और लू के चलने से लोगों का जन जीवन प्रभावित हो रहा है ज्यादातर जिलों का तापमान चालिस से पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नही है मौसम साफ और शुष्क रहेगा तापमान में वृद्वि बनी रहेगी